राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले लोगो को अधिकतम मृत्यु दण्ड सहित सजा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है बच्चों की अश्लील फिल्में बनाने पर रोक लगाने के लिए विधेयक में ऐसे लोगो के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्मना लगाने का प्रावधान किया गया है दोबारा यही अपराध करने पर कैद की सजा सात साल तक बढ़ाई जा सकेगी विधेयक में बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित भी किया गया है विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के हर बच्चे को न्याय सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि पॉक्सो दायरे में यौन प्रताड़ना शामिल है महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पॉक्सों के तहत लंबित मामलो को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने एक हजार से अधिक फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की मंजूरी दी है उन्होंने बताया कि अटठारह राज्यों ने इन अदालतो के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है ईरानी ने कहा कि यौन अपराधों के राष्ट्रीय डेटाबेस के तहत छह लाख यौन अपराधियों के नाम दर्ज है

सुत्रो के अनुसार हाल ही मे हुए विधानसभा और लोक सभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ताकाम संजोय ने ए पी सी सी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है गौरतलब है कि हाल के चुनाव में साठ सदस्यी विधान सभा सीटों में कांग्रेस सिर्फ चार सीटों में ही जीत हासिल की

उन्होंने लोगो से इस महीने निर्धारित पंद्रह तारीख तक नई शिक्षा नीति के मसौदे पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के प्रख्यात केंद्र रहे भारत का स्थान अब दुनिया के शीर्ष एक सौ शैक्षणिक संस्थानो में ना होने पर भी चिंता व्यक्त की श्री नायड् आज नई दिल्ली में अपने आवास पर एक प्रस्तक द डाइनेमिक्स ऑफ इंडियन एड़केशन का विमोचन करने के बाद लोगो को संबोधित कर रहे थे उन्होंने शिक्षा प्रणाली पर नए सिरे से ध्यान देने और भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया

पीपल्स लिवरेशन पार्टी के निमंत्रण पर भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिको के प्रतिनिधिमंडल ने नियंत्रण रेखा के विभिन्न स्थानों पर जश्न में भाग लिया इस अवसर पर सदभावना दिखाते हुए भारतीय सैनिको ने भी पांरपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए

इस अभियान की अपार सफलता विश्व की सरकारों के लिए प्रेरणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न अवसरों पर आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात में स्वच्छता की महत्ता को दर्शाया है इस कार्यक्रम के उन्वालीसवें संस्करण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को प्ररा करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरु होने के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगो की भागीदारी बढ़ी है

यह प्रतियोगिता पहली अगस्त से पंद्रह अगस्त दो हजार उन्नीस तक माईगव प्लेटफार्म पर खुली रहेगी विजेता को एक प्रशंसा पत्र दिया जायेगा इसके साथ ही उसे पचासवें इफ्फी समारोह में भाग देने के लिए दो रात और तीन दिन ठहरने का अवसर मिलेगा यह समारोह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा गोवा सरकार की इंतरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा के सहयोग से आयोजित किया जाता है यह समारोह इस बार बीस से अटठाइस नवम्बर तक आयोजित किया जायेगा प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक सरकार की माई गव वेबसाइट को लॉग इन कर सकते है

आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौंबीस डिग्री सात दशमलव सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार